प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु देश को समर्पित किया उन्होंने बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित बारह रेल लाइनों और विद्युर्तीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया एक दशमलव नौ किलोमीटर लंबे कोसी महासेत के निर्माण पर पांच अरब सोलह करोड़ रुपये की लागत आई है

यह परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हई और इसके निर्माण में प्रवासी मजदूरो ने सहयोग प्रदान किया इस सेतु से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गया है भारत नेपाल सीमा पर इस सेतु का सामरिक महत्व भी है इस क्षेत्र के लोगों को कोलकाता दिल्ली और मुंबई की लंबी यात्रा करना आसान हो जाएगा उदघाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नये कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा जो दो प्रतिशत से साढ़े आठ प्रतिशत तक होता है श्री तोमर ने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून से कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि इनके पारित होने से देश में किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि से जुड़े इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर बधाई देते हुये कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये बेहद महत्वपूर्ण हैं पाकुड जिले में किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास जारी है जिले के किसानों को जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण देने के अलावे नयी पद्धति से खेती भी करायी जा रही है पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कुंदरूकोचा गांव में युवा किसान प्रदीप सरदार तीस डिसमिल जमीन में मकई लगाकर अच्छा आय अर्जित कर रहे हैं प्रदीप सरदार ने बताया कि उन्हें झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसायटी जेटीडीएस से उन्हें मदद मिली है उन्होंने बताया कि मकई की बिकी के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है उनका कहना है कि और भी युवा जेटीडीएस से प्रशिक्षण तथा मदद लेकर अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र कमार महतो ने शोक प्रस्ताव पढ़ा उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभी दिवंगत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी यह सत्र बाइस सितंबर तक चलेगा सरकार की ओर से सत्र में चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुप्रक बजट के अलावा कई विधेयक भी पेश किये जायेंगे जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड मिनल वेयरिंग सेस झारखंड मोटर वाहन करारोपण और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक शामिल है इधर आज सत्र स्थगित होने के बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की जायेगी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आहूत विधानसभा के मॉनसून सत्र में कई एहतियाती कदम उठाये गये हैं गिरिडीह में अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया झारखंड महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा और गिरिडीह जिला अध्यक्ष रेणु सेठ के नेतृत्व में महिलाओं ने लोगों के बीच फलों और मिठाइयों का वितरण किया मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन में सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है उनके कार्यकाल में महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और लोगों से कोरोना पर रोक लगाने के लिए मास्क पहनने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करते रहने का अनुरोध किया है अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि लोगों ने उनसे पूछा है कि वे अपने जन्मदिन पर क्या चाहते हैं

उन्होंने बताया कि देश विदेश के लोगों ने उन्हें श्रभकामनाएं दी हैं और वे उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं

हालांकि स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्यभर में एक हजार छब्बीस मामले आए जबकि एक हजार चार सौ पचास संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हए अब तक सड़सठ हजार एक सौ मामले आ चुके हैं अब तक बावन हजार आठ सौ सात रोगी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तेरह हजार सात सौ तीन संक्रमित लोगों का विभिन्न कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज जारी है

राजधानी रांची के चौदह अलग अलग स्थानों पर आज मास टेस्टिंग ड्राइव चलाया जा रहा है इनमें न्यूक्लियस मॉल होटवार जेल डोरंडा डेली बाजार सीआरपीएफ कैंप टाटीसिलवे शालीमार बाजार नगड़ी प्रॉपर मार्केट मांडर टांगर बसली बेड़ो खलारी डकरा लापुंग मार्केट तमाड़ रायडीह मोड़ चान्हो मार्केट और मूरी चेकपोस्ट और सिल्ली शामिल है

रांची जिला प्रशासन की ओर से सभी स्थानों पर सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की भी नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने टवीटर पर कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिए कई केन्द्रीय दल तैनात किए गए हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान से टेली परामर्श उपलब्ध कराने के लिए आइसीयू डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाई गई है स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं देश में कुल संक्रमित मरीजों में से करीब साठ प्रतिशत पांच राज्यों से हैं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

जिसमें सिंहभूम स्टिकर ने धनबाद डायनामोस को आठ विकेट से पराजित कर दिया

धनबाद शहर में बाइक चोरी समेत विभिन्न अपराधों पर लगाम लगाने और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया इस दौरान शहर के चेक पोस्ट समेत अन्य चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को भी एसएसपी ने विशेष दिशा निर्देश दिया उन्होंने कहा कि संदिग्ध वाहनों की जाँच में कोताही नहीं बरतें एसएसपी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक पुलिस टाइगर मोबाइल गश्ती दल एवं पीसीआर वैन के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था है लेकिन सड़कों पर उनकी उपरिथिति लगभग नहीं के बराबर रहती है इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी जिसके बाद व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देश दिया गया है